जयपूर ग्रामीण से केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्द्वन राठौड के सामने कांग्रेस ने विधायक कृष्णा प्रनिया को मैदान में उतारा है जयपुर की दोनों ही लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने महिला उम्मीदवारों को खडा किया है झालावाड बारां सीट पर दुष्यंत सिंह का मुकाबला प्रमोद शर्मा से होगा श्रीगंगानगर सीट पर पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल को ही उम्मीदवार बनाया गया है राजसमंद से देवकीनंदन गुर्जर अजमेर से रिजु झुंझुनवाला और भीलवाडा से रामपाल शर्मा मैदान में होंगे

घोषणा पत्र में पार्टी ने गरीबों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी और रोजगार उपलब्ध कराने के वायदे किए हैं

उन्होंने यह भी कहा कि तीन वर्षों तक भारतीय युवाओं को अपना व्यापार शुरू करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी शिक्षा के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने वादा किया है कि सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा और किसानों की चिंताओं के समाधान के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा

भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को छलावा करार दिया है

इसी के तहत जालोर में मतदाताओं को प्रेरित करने के लिये व्यापारी वर्ग विभिन्न सामानों की पैकिंग पर मतदान की अपील करते हुए संदेश दे रहे है सवाईमाधोपुर जिले में मतदान जागरूकता के अंतर्गत स्वीप गतिविधियां चरम पर हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि आज जिला मुख्यालय सहित अनेक स्थानों पर वोट बारात निकाली गई बाड़मेर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मतदाता जागरूकता के लिए बनाए गए विभिन्न पोस्टर्स का विमोचन किया आज ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईपिक बताकर मोक पोल किया जिला कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने ईवीएम से मतदान तथा वीवीपेट से सत्यापन के साथ चुनाव प्रक्रिया से जुडी जानकारी ली बीकानेर में संभागीय आयुक्त हनुमान सहाय मीना और जिला निर्वाचन अधिकारी कुमारपाल गौतम ने मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत की टोंक जिले में मतदान प्रतिशत बढाने के लिए महिला संगोष्ठी और रात्रि चौपाल सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

सचिवालय में होने वाली बैठक में जयपुर सीकर झंझनें दौसा और अलवर जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से निर्वाचन से जुड़ी तैयारियां तथा कानून और व्यवस्था के संबंध में अब तक की गई तैयारियों के बारे में चर्चा की जाएगी गौरतलब है कि इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोधपुर उदयपुर अजमेर और कोटा संभाग में चुनावी तैयारियों का जायजा ले चुके हैं

इसके माध्यम से लोग उन्हें मिलने वाली जानकारी की प्रमाणिकता जांच सकते हैं व्हाट्सएप पर मालिकाना हक रखने वाली कंपनी फेसबूक ने एक बयान में कहा कि यह टिपलाइन गलत जानकारियां और अफवाहों का डाटाबेस तैयार करने में मदद करेगी

राज्य सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है चित्तौड़गढ जिले की भदेसर पंचायत समिति के कनिष्ठ सहायक रूपशंकर पारीक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दस हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया ब्रंदी में आज साइबर काइम पर कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें जिले के पुलिस अधिकारियों को साइबर काइम और साइबर फॉड के प्रति अपनाई जाने वाली सावधानियों को प्रति प्रशिक्षण दिया गया

प्रतापगढ जिले के धौलापानी क्षेत्र के सिया खेड़ी के जंगल में भीषण आग लगने की सूचना है आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है